संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट सकारात्मक और प्रभावशाली कार्यों के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई आज भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाएंगे

सौर गठबंधन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल नई दिल्ली में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक और द्वितीय वैश्विक नवीनीकरणीय उर्जा निवेश बैठक व एक्सपो के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए इस दौरान वैश्विक सौर एजेंडा की नीव रखने और किफायती दरों पर उर्जा प्राप्त करने के लिए सौर उर्जा का दोहन करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने पर चर्चा की गई द्वितीय री इन्वेस्ट का लक्ष्य नवीकरणीय उर्जा को बढ़ाने व वैश्विक समुदाय को भारतीय उर्जा हितधारकों से जोड़ने के लिए विश्वव्यापी प्रयास को गति प्रदान करना है इस मौके उर्जा मंत्री अनिल शर्मा और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे प्रतियोगिता रवास्थ्य व नशामुक्त हिमाचल अभियान के तहत राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता कल शिमला में आयोजित हुई एकीकृत विकास संस्थान शनान द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा इस संस्था द्वारा ग्रमीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल इसमें बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे स्वारघाट के एसडीएम अनिल चौहान ने लोगों से कार्यक्रम में स्थानांतरण सरकारी रोजगार की मांग कानूनी मामले और नई योजनाओं की मांग से जुड़े मामले न लाने का आग्रह किया है उधर सोलन के गढ़खल सनावर में ज़िलास्तरीय कार्यक्रम की वन मंत्री गोविंद ठाकुर अध्यक्षता करेंगे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 अमर उजाला ने मुख्य सचिव हवाले से सुर्खी दी है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अफसरों को नहीं बुलाएगी हिमाचल सरकार टूटने लगा चंबा में सीमेंट प्लांट का सपना शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है बिडिंग में किसी भी कंपनी ने नहीं दिखाई दिलचस्वी कनेक्टिविटी की दिक्कत

दैनिक जागरण ने खबर को प्रमुखता दी है गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश से कोसों दूर प्रदेश की जनता अजीत समाचार बतौर मुख्यमंत्री लिखता है गांधी जी के जीवन से बहत कुछ सीखने को मिलता है जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं बापू के स्वच्छता सार को पीएम मोदी ने पहुंचाया लोगों तक हिमाचल दस्तक की सुर्खी है दिल्ली में आईएसए की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है शिमला में बनेगा मंडी मित्र मंडल गृह अमर उजाला की एक खबर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उम्दा खेलने वालों की माताओं को मिलेगा जीजाबाई पुरस्कार मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है आज से दूरदराज के क्षेत्रों में फिर बारिश के आसार

अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय ग्राम सभा की बैठकें में लिखता है कि लोगों के सहयोग के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती विशेषकर गांव के विकास कार्यों की सफलता में जनसहयोग जरूरी है हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय घर द्वार बनाए जाएं हैल्थ कार्ड में लिखा है कि प्रदेश के जोनल अस्पतालों में ये कार्ड एक निजी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं लेकिन इन कार्डो की एवज में अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं जिसपर ध्यान देने की विशेष जरूरत है